विषाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

तेलंगाना से आज नौ सौ दो प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहंचे स्वास्थ्य जांच के बाद भेजे गये घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने में समन्वित प्रयासों पर जोर दिया है वे आज वीडियो लिंक के जरिए बुद्ध प्रर्णिमा समारोह को संबोधित कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस वर्चअल प्रार्थना समारोह का आयोजन किया इसमें दुनिया भर के बौद्व संघों के सर्वोच्च गुरुओं ने हिस्सा लिया

श्री मोदी ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए उनकी सार्वभौमिक प्रासंगिकता पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने संपूर्ण मानवता की सेवा के प्रति भारत की वचनबद्वता का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि भारत सेवाभाव के साथ द्वनिया के हर देश तक पहंचेगा उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और अन्य लोगों की सेवा करते रहने की अपील की इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देष और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता सेवा और अहिंसा ही जीवन का पर्याय है आंध्र प्रदेश के विशाखापटटनम में आज तड़के एलजी पॉलीमर्स कंपनी के संयंत्र से कथित रूप से गैस के रिसाव से छह लोगों की मौत हो गई और सैकडों बीमार हो गये गैस रिसाव से प्रभावित लोगों को विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है एहतियात के तौर पर अस्पताल में करीब तीन सौ बैड तैयार रखे गये हैं संयंत्र के आसपास के सभी गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिये हैं द्र्घटना के कारणों का तत्काल कोई पता नहीं चल पाया है इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्लांट में गैस रिसाव पर द्ख व्यक्त किया है उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक संयत्र में गैस रिसाव की घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया उन्होंने घटना के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया श्री मोदी ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है उन्होंने प्रभावितों के स्वस्थ होने की कामना की है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विषाखापट्टनम में घटी गैस रिसाव की घटना पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है उन्होंने प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इन दावों का खंडन किया है कि सरकार ने किसी प्रकार के वापस भुगतान की पेशकश की है एक ट्वीट में बोर्ड ने करदाताओं से अपील की है कि ऐसे किसी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें जो वापस भगतान का वायदा करता हो बोर्ड ने कहा कि ऐसे सभी प्रलोभनकारी संदेश फर्जी हैं और बोर्ड या जीएसटी की ओर से जारी नहीं किए गए हैं

विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केन्द्र ने सेनेटाइजर की निर्यात नीति संबंधी चौबीस मार्च की अधिसूचना में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है सरायकेला जिले के गम्हरिया स्थित आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमटेड कंपनी प्रबंधन ने प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय मजदूरों को बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया है मजदूरों ने कपनी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कारखाना निरीक्षक को पत्र लिखकर वेतन दिलाने की मांग की है मजदूरों ने बताया कि सभी मजदूर झारखंड के अलावा बिहार बंगाल और ओड़िषा से हैं मजदूरों ने इस मामले में प्रषासन से शीघ्र पहल करने की मांग की है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

उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वृद्धि दर दो दषमलव पांच दो प्रतिशत है अब तक राज्यभर में पंद्रह हजार एक सौ तीस टेस्ट किए गए हैं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक पंद्रह हजार दो सौ सड़सठ रोगी ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने वालों की दर अठाइस दशमलव आठ तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है

इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढकर एक हजार सात सौ तिरासी हो गई है

इनमें सैंतीस लोग लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं सतासी मरीजों का इलाज जारी है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रामगढ़ में षिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को डिजिटल पढ़ाई के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का निर्देष दिया है

लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किये जा रहे कार्यों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की सरहाना की है उन्होंने कोरोना के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को बेहतर विकल्प बताया है श्री मुंडा ने गरीबों के लिए चलाये जा रहे राहत कार्य के प्रति सरकार का आभार जताया है श्री मुंडा कड़िया ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने गरीब मजदूरों को बाहरी राज्यों से वापस लाने का बीड़ा उठाया है और सरकार के इन कार्यों में आम जनता की भी सकारात्मक भागीदारी रही है उन्होंने कहा कि झारखंड में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन सतर्क रहना ही बचाव है श्री मुंडा ने कहा कि देश के विकास में मजदूर वर्गों का अहम योगदान रहा है प्रतिदिन सुबह सुबह घर घर जाकर समाचार पहुंचने वाले हॉकरों की भी समाज निर्माण में सकारात्मक भूमिका रही है तेलंगाना से आज नौ सौ दो प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहंचे जहां सभी मजदूरों को मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग के बाद राज्य के विभिन्न जिलों के लिए रवाना कर दिया गया इन मजदूरों के आगमन को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे मजदूरो ने बताया कि तेलंगाना में परेशानी हो रही थी लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की पहल से वे अपने घर लौट सके इधर ओडिषा के जाजपूर से साठ प्रवासी मजदूर साहिबगंज के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित कोरोना केयर सेंटर पहंचे से सभी मजदूर उधवा प्रखंड के कटहलबाड़ी सहित अन्य गांवों के हैं सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई सभी मजदूरों को पंजीकरण करने के बाद मुहर लगाकर होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है इस दौरान पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध दस वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलने पर पुरी तरह प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा आम लोगों का सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक घर से बाहर निकलना भी प्रतिबंधित रहेगा उपायक्त अरवा राजकमल ने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरिक्षक राजीव रंजन सिंह ने आज सरायकेला जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने कोरोना संकट को देखते हए लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया श्री रंजन ने जिले के सभी थानों को अपने अपने क्षेत्र के पांच प्रबुद्ध लोगों से बात कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित करने का निर्देष दिया ताकि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को हो रही परेशानियों की प्रषासन को जानकारी मिल सके

दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पाण्डेय परिचर्चा में हिस्सा लेंगे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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर पर भी अपडेट लिये जा सकते हैं

मनरेगा द्वारा संचालित कार्यो में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रषासन को मिलेगा वृद्दाश्रमों के संचालन तथा असहायों की देखभाल की जिम्मेदारी भी स्वयंसेवी संस्थाओं से लेने पर सहमति बनी है कुछ संस्थाओं ने प्रशासन को भी पीपीई किट और मास्क उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया है राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि में विषेष परिस्थितियों में आवागमन के लिए पास निर्गत करने के लिए ई पास की सुविधा दे रही है